अजमेर क्षेत्र में इस बार राजस्थान और गुजरात के करीब दो लाख पांच हजार विद्यार्थी परीक्षा दे रहे है

परीक्षा में नकल रोकने के लिए तीन चक्र वाले उड़न दस्तों का गठन किया गया है जिनमें बोर्ड के अलावा दिल्ली शिक्षा विभाग और राज्य स्तरीय दल भी शामिल हैं गौरतलब है कि अजमेर क्षेत्र में पहले पांच राज्यों के परीक्षार्थी परीक्षा दिया करते थे लेकिन अब नयी व्यवस्था में अजमेर क्षेत्र में केवल राजस्थान और गुजरात के परीक्षार्थी ही परीक्षा दे सकेंगे

यह बात कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कल विधानसभा के प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब में कही

उन्होंने कहा कि योजना की पहली किश्त का भुगतान किसानों को हो चुका है और दूसरी किश्त का भुगतान केन्द्र द्वारा राशि नहीं आने के कारण नहीं हुआ है

यह बात कल राजस्थान के वन राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई ने विधानसभा में कही वे प्रश्नकाल में विधायकों के प्रक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में विस्तृत जांच की गई है पक्षियों की मृत्यु का कारण एवियन बोट्लिज्म पाया गया

श्री खाचरियावास ने कल विधानसभा में कहा कि रोडवेज को घाटे से उबारने तथा कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के लिए सरकार काम कर रही है

इसके तहत स्वीप कार्यक्रमों के लिए दस उच्च शिक्षण संस्थानों का चयन कर वहां स्वीप गतिविधियां संचालित की जायेंगी

श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने को कहा है

गौरतलब है कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते दिनों प्रदेश में लंबित भर्तियों की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को लेकर निर्देश दिए थे

बिस्सा बच्चों को मंकी कॉलिग का डेमो दे रहे थे इसी दौरान रस्सी ट्रटने से वे नीचे गिर पड़े और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया जलदाय और ऊर्जा मंत्री डॉ बी डी कल्ला ने बिस्सा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है